यह कार्यक्रम किसान कल्याण मिशन के नाम से जाना जाएगा इसे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में एक रैली को संबोधित किया रैली में उन्होंने किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाए उन्होंने कहा कि यह बिल किसी को भी किसानों की जमीन कब्जा करने का अधिकार नही देगा बिल को लेकर किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो नही चाहते थे कि देश मे राम मंदिर बने उन्होंने कहा कि हम मंडी व्यवस्था खत्म नही कर रहे बल्कि मंडियों को तकनीक से जोड़ रहे हैं प्रदेश में अमी तक एक सौ मंडियों को हाईटेक किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बायो फ्यूल की यूनिट लगने जा रही जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बरेली जिले के लिए नौ सौ बहत्तर करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया श्री योगी ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार प्री प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है ताकि देश के हर युवा को रोजगार मिले उन्होंने कहा कि इसी कारण से आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा से देख रही है रैली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंन्त्री संतोष गंगवार ने भी किसानों को संबोधित किया किसान कल्याण मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा कृषि और उससे जुड़े अन्य विमागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएगी जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और आजीविका मिशन के उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा प्रदेशमर में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी देंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अव्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में साठ लाख टन चीनी निर्यात पर छः हजार रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने का फैसला किया गया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इसका लाभ पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और नये विचारों को बढ़ावा देना नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रीय विद्यार्थी र्स्टाटअप सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है उन्होंने कहा कि नवाचारों के बिना विकास संभव नहीं है श्री जावडेकर ने बच्चों में शुरू से ही नवाचारों की सोच विकसित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार आने के साथ ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरूआत की गई श्री जावड़ेकर ने कहा कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से काफी सफलता मिली है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड ग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानब्रूझ कर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कौशाम्बी जिले के भरवारी नगर पंचायत में स्थित अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा नए कानून पारित करके लागू किया जा रहा है लेकिन विरोधी पार्टियों ने दूसरे राज्यों के किसानों को बरगला कर नए कानून का विरोध करवा रहे हैं जबकि केंद्र द्वारा पारित नए कृषि कानून किसानों के हित में है कोई भी किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है किसानों को आपदा प्रबंधन में सरकार मदद करेगी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का सरकार प्रयास करेगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है कि अगले वर्ष पन्द्रह जनवरी से सत्ताईस फरवरी तक श्रीराम जन्ममूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि हर जाति पथ संप्रदाय क्षेत्र और भाषा के लोगों के समर्थन से बनने वाला राम मंदिर वास्तव में राष्ट्र मंदिर का स्वरूप ले लेगा वित्तीय परिचालन और लेनदेन में पारदर्शिता के लिए न्यास ने दस सौ और एक हजार रूपये रुपये मूल्य की रसीद छपवाई हैं उन्हें समाज की ओर से किए जाने वाले योगदान के अनुसार जारी किया जाएगा श्री राय ने कहा कि मंदिर निर्माण की तैयारी तेजी से चल रही है